यह प्रतिबंध इलेक्टौनिक प्रिंट तथा अन्य सभी प्रकार मीडिया पर लागू होगा एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया ग्यारह अप्रैल सवेरे सात बजे से उन्नीस मई के नाम साढे छह बजे के दौरान किसी भी प्रकार का एग्जिट पोल जारी नहीं किया जा सकेगा इस दौरान लोकसभा के अलावा आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश ओडिसा और सिक्किम विधानसभा के चुनाव होंगे विज्ञप्ति में बताया गया है कि किसी भी चरण के मतदान के समाप्त होने के पहले अड़तालीस घंटे की अवधि में किसी भी मीडिया में किसी भी तरह का ओपीनियन पोल चुनाव सर्वेक्षण जारी नहीं हो सकेगा राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा ने लोकतंत्र की मजबूती में एक एक वोट के महत्व पर जोर देते हुए लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व लोकसभा और विधानसभा चुनाव में राज्य के सभी मतदाताओं से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने की अपील की है राज्यपाल ने चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से भी निष्पक्षता बरतने की अपील की है राज्यपाल ने कहा है कि राष्ट्र की लोकतांत्रिक चुनाव पर निर्मित है और सभी भारतीय नागरिकों को मतदान की माध्यम से अपना नेता चुनने का संवैधानिक अधिकार हैं उन्होंने कहा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव में भागीदारी एक त्योहार होता है और इस त्योहार को मनाना मतदाताओं का नैतिक सामाजिक और व्यवहारिक कर्तव्य है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सी आर पी एफ आज अपना चौवनवां शौर्य दिवस मना रहा है इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर बल के शहीदों को श्रद्दांजलि अर्पित की उन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगावाद का मुकाबला करने में सी आर पी एफ की भूमिका कइ सराहना की राष्ट्रपति ने बल के छह जवानों को इस अवसर पर मरणोपरांत वीरता पदक से भी सम्मानित किया उन्नीस सौ पैसठ में आज के ही दिन सी आर पी एफ की एक छोटी टुकड़ी ने गुजरात में कच्छ के रण में सरकार चौकी पर बहादुरी से लड़ते हुए पाकिस्तान ब्रिगेड के हमले को नाकाम किया था केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अपने वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए नौ अप्रैल को शौर्य दिवस में मनाता है अरुणाचल प्रदेश में निगरानी रखने वाले विभिन्न दलों ने अब तक छह करोड़ रुपए नकद जब्त किए है दो गाड़ियों से एक करोड़ अस्सी लाख की बरामदी के बारे में ईस्य सियांग जिले के पासीघाट थाने में दो व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है अरुणाचल प्रदेश के एडिशनल मुख्य निर्वाचन अधिकारी कांकी दारांग ने बताया कि इन लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा एक सौ इकहत्तर के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है निर्वाचन आयोग ने नक्दी जब्त होने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एफ आई आर दर्ज करने का निर्देश दिया था राज्य में लोकसभा की दो सीटों के लिए कुल बारह उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं जबकि विधानसभा की सत्तावन सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे राज्य में लगभग आठ लाख मतदाता है लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो गया इस चरण में अट्टारह राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों की इक्वानवें सीटों के लिए ग्यारह अप्रैल को वोट डाले जाएंगे पहले चरण में आंध्रप्रदेश अरुणाचल प्रदेश मेघालय मिजोरम नगालैंड सिक्किम तेलंगाना तथा उत्तराखंड राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्ष्यद्वीप की सभी संसदीय सीटों के लिए मतदान होगा इसके अलावा असम बिहार छत्तीसगढ़ जम्मू कश्मीर महाराष्ट्र मणीपुर ओड़िसा त्रिपुरा उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी पहले चरण में वोट पड़ेंगे इसके अलावा आंध्रप्रदेश सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा की सभी सीटों और ओड़िसा विधानसभा की एक सौ सैतालीस से अट्ठाईस सीटों के लिए भी गुरुवार को मतदान होगा स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरह से चुनाव संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश में ऐसी उच्च शिक्षा प्रणाली सुनिश्चित करने को कहा जो न केवल व्यक्तिगत आकांक्षाओं को पूरा करे बल्कि लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को भी हासिल करने में मदद करे वे कल नई दिल्ली में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार उच्च शिक्षा संस्थानों की रास्हत्रीय रैंकिग जारी कर रहे थे